प्रधानमंत्री ने कहा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटने से निवेश के लिये आवश्यक माहौल बनाने में मिलेगी मदद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रूस के व्लादिवोस्तोक में भारतीय उद्यमियों के सम्मेलन को किया सम्बोधित रूस और उत्तर प्रदेश के बीच कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में एक एमओयू पर किये गये हस्ताक्षर देश के एक सौ पचास जिलों में खोले जायेंगे आयुष अस्पताल

एक अंग्रेजी दैनिक को दिये विशेष साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि सरकार घरेलू और विदेशी दोनों ही च्रोतों से निवेश बढ़ाने के लिए कारगर नीतियां अपना रही है भारत को व्यापार का आकर्षक केन्द्र बनाए जाने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र को भारत के विकास की गाथा में अवश्य भरोसा रखना चाहिए और वे भारत को व्यापार का बेहतर स्थान बनाने के हरसंभव उपाय करेंगे प्रधानमंत्री ने कहा है कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटाने का फैसला प्रे विचार विमर्श के बाद लिया गया है और केन्द्र ने जम्मू कश्मीर के लोगों के कल्याण को ध्यान में रखकर ऐसा किया है श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि यह फैसला देश का आंतरिक मामला है उन्होंने नये जम्मू कश्मीर के बारे में कहा कि प्रमुख उद्यमियों ने राज्य में निवेश करने में रूचि दिखाई है उन्होंने कहा कि संकुचित परिवेश में आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती खुली सोच से ही इस क्षेत्र के युवा जम्मू कश्मीर को विकास के मार्ग पर ले जायेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि निवेश के लिए स्थिरता बाजार तक पहुंच और स्पष्ट कानून जरूरी हैं और अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटने से इन सभी की पक्की व्यवस्था हो सकेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे ऐसा परिवेश विकसित करने में मदद मिलेगी जिसमें इस क्षेत्र के लोगों को कौशल कड़ी मेहनत और उत्पादों के बेहतर नतीजे मिलें

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर पर पारित विधेयक का उद्देश्य राज्य में बेहतर शासन और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है उन्होंने कहा कि यह मुद्दा भारत के संक्वान में एक अस्थाई प्रावधान को बदलने का है और ऐसा करना हमारे देश का अधिकार है कल चीन के विदेश मंत्री बांग यी से ट्विपक्षीय बातचीत के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि इस परिवर्तन का भारत की बाहरी सीमा और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर खेल और युवा मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कल नई दिल्ली में आयोजित समारोह में बीस युवाओं और तीन संगठनों को दो हजार सोलह सत्रह के राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किए ये पुरस्कार हर वर्ष राष्ट्रीय विकास और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं और स्वयंसेवी संगठनों को दिये जाते हैं इस अवसर पर श्री रिजिजू ने कहा है कि हमारी विशाल युवा शक्ति एकजुट होकर काम करे तो देश अधिक ऊंचाइयों तक पहुंच सकेगा

इनके अलावा आइज ऑफ इंडियन यूथ दो हजार उन्नीस की ओर से चीन के बारे में आयोजित फोटो प्रदर्शनी के लिए तीन युवाओं को पुरस्कार प्रदान किये गए

इस दौरान रूस और उत्तर प्रदेश के बीच कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किये गये केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ गुजरात हरियाणा और गोवा के मुख्यमंत्रियों ने भी इस सम्मेलन सत्र को संबोधित किया श्री योगी ने कहा कि भारत तथा रूस के बीच पिछले सात दशकों से प्रगाढ़ संबंध रहे हैं उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति में रूसी सहयोग का बड़ा हाथ रहा है रक्षा औद्योगिक और परमाणु क्षेत्र में हमें रूस का भरपूर सहयोग मिला है वहीं उत्तर प्रदेश में भी रूस के सहयोग से अनेक परियोजनायें संचालित हो रही हैं उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने रूस के सुदूर पूर्व राज्यों के राज्यपालों से भी मुलाकात की

केन्द्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद येसोनाईक ने तमिलनाडु के वेल्लोर में आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन अवसर पर यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि भारतीय चिकित्सा पद्वति में शोध को बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न भागों में एम्स जैसे शोध संस्थान खोले जायेंगे केन्द्रीय मंत्री ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी विकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए छः महीने के बुनियादी चिकित्सा पाठ्यक्रम का शुभारम्भ किया वाराणसी देवरिया गाजियाबाद श्रावस्ती एवं गोण्डा जिलों के चौदह संपर्क मार्गो की मरम्मत करने व मजबूत बनाने के साथ ही चौड़ीकरण के लिए चल रहे कार्यों को और अधिक गति प्रदान करने के लिए उन्यासी करोड़ से अधिक की धनराशि निर्गत की गई है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इन कार्यों को शीघ्र से शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा है कि इन मार्गो के सुद्वीकरण से आवागमन सुगम होगा तथा क्षेत्रों के सर्वागीण विकास में तेजी आयेगी इसके अलावा अंबेडकरनगर के चार मार्गो के चल रहे निर्माण कार्यो को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं इस कार्य के लिए एक सौ चौहत्तर लाख रूपये की धनराशि निर्गत की गई है

अपर मुख्य सचिव सुचना अवनीश अवस्थी ने बताया कि स्वतंत्र देव को दाहिने हाथ की छोटी उंगली में चोट लगी है उन्हें इलाज के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनकी उंगली का ऑपरेशन किया गया है केन्द्रीय मंत्री संजीव बालियान भी स्वतंत्र देव के साथ स्वागत कार्यक्रम में मौजूद थे उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष की हालत अब बेहतर है

यह प्रदर्शनी आज से से तेईस अगस्त तक चलेगी

सुबह मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई और लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ब्याई दी लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह सहित प्रमुख मस्जिदों में बड़ी संख्या में नमाजी इकट्ठा हुये और नमाज अदा की कानपुर बरेली गोरखपुर वाराणसी आगरा प्रयागराज और जौनपुर सहित सभी जिलों में ईद उल अजहा का त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया ईद और पवित्र सावन महीने का अंतिम सोमवार एक ही दिन पड़ने को देखते हुए मुस्लिम और हिंदु समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी कल ही श्रावण मास के अंतिम सोमवार को श्रद्वालु और कॉवरियों द्वारा प्रदेश के सभी शिवमंदिरों में देवाधिदेव भगवान महादेव की पूजा अर्चना के साथ जलामिषेक किया गया मंदिरों में भारी भीड़ के मद्देनजर प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इन्तजाम किये थे वाराणसी में श्रद्वालु और कांवरिये कल सुबह से ही भगवान महादेव का जलाभिषेक और पूजा अर्चना शुरू किए जो देर रात तक चलता रहा गाजीपुर जिले की कैथी स्थित मारकडेय महादेव मंदिर में भी श्रद्वालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी